न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री नायडू आज जयपुर पहुंचकर सीधे राजभवन जाएंगे उपराष्ट्रपति कल सीतापुरा में तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का उद्घाटन करेंगे इसके बाद वे होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत करेंगे उनकी यात्रा के मद्देनजर कल जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन और अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़े कर ने कल जयपुर में दो दिवसीय हायर एजूकेशन एण्ड ह्यूमन रिसोर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में ये बात कही उन्होंने युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराने पर जोर दिया सम्मेलन में कल पूर्व कॉलेज शिक्षकों और उत्कृष्ट संस्थानों केा सम्मान तथा दस से अधिक संस्थानों के साथ एमओयू भी किए गए इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया

भारतीय किकेट टीम के विराट कोहली और भारोत्तोलक मीरा बाई चानू को सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा

राष्ट्रपति इस अवसर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान करेंगे

इस कार्रवाई में भारतीय कमांडरों ने कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए थे

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

ये जीप बांदीकुई से श्रद्धालुओं को लेकर मेंहदीपुर बालाजी जा रही थी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पाली जिले के छाया मगरी गांव में एक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई बाडमेर जिले में टैंकर की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार युवक की मृत्यु हो गई और दो अन्य घायल हो गये

पूलिस ने बताया कि श्री सहारण को आसपास मौजूद लोग तुरंत रावतसर के अस्पताल में ले गये जहां से उन्हें हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल भेज दिया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका पुलिस मामले की जांच कर रही है श्री सहारण की हत्या के बाद रावतसर में तनाव फैल गया इसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल रावतसर में तैनात कर दिया गया है फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सतर्कता बरत रही है

गंगनहर ट्रटने से न केवल पंजाब बल्कि श्रीगंगानगर जिले के किसानों को भी भारी नुकसान होने की आशंका है अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है